प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अभित शाह सहित अनेक केन्द्रीय मंत्री और हजारों की संख्या में लोग अंतिम यात्रा में हुए शामिल

अंतिम संस्कार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर किया गया

संपूर्ण राष्ट्र ने अपने लोकप्रिय नेता को अश्रुपूर्ण विदाई दी पूर्व प्रधानमंत्री की दत्तक पुत्री नमिता ने उन्हें मुखाग्नि दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय से शव यात्रा का नेतृत्व किया श्री मोदी सहित उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य नेता भी शवयात्रा के साथ स्मृति स्थल पहुंचे इस दौरान हजारों की संख्या में आम लोग भी शामिल हुए और यात्रा के रास्ते में लोगों ने पार्थिव शरीर पर प्रष्प बरसाए स्मृति स्थल पर दिवंगत नेता के अंतिम संस्कार में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शामिल हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल और सांसद अनुराग ठाकुर भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम यात्रा में स्मृति स्थल पहुंचे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने अटल जी को श्रद्वांजलि दी इसके अलावा अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामज्ञाल वांगचुक भी इस दौरान मौजूद रहे मारकंडा भारद्वाज कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है लाहौल घाटी के दौरे के दौरान आज उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी को हिमाचल के लोगों के प्रति विशेष लगाव था मारकंडा ने कहा कि रोहतांग सुरंग लाहौल घाटी के लोगों के लिए वाजपेयी जी द्वारा दिया गया एक बड़ा तोहफा है इधर शिमला जिला भाजपा कसुम्पटी और शिमला ग्रामीण मंडल ने शिमला के रोटरी टाउन हॉल में दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी इस मौके शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल के साथ विशेष लगाव था शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश ही नही वे दुनिया के लिए शांति दूत के रूप में पहचाने जाते है नेता शोक सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक महान नेता कवि साहित्यकार और सहज स्वभाव के स्वामी थे वे आज सोलन माजपा मण्डल द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर आयोजित शोक सभा में बोल रहे थे ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने श्री वाजपेयी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि वे देश के ही नही बल्कि दुनिया के एक महान राजनेता थे

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि श्री वाजपेयी विलक्षण प्रतिभा के धनी प्रखर वक्ता और समस्त देशवासियों के प्रियतम नेता थे उन्होंने कहा कि देश के प्रति वाजपेयी का स्नेह और उनके द्वारा देशहित में लिए गए निर्णय अविस्मरणीय है प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक युग पुरूष महाकवि ओजस्वी वक्ता और राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने कहा कि श्री वाजपेयी ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारा और यहां के विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाई इस बीच कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन से देश ने एक श्रेष्ठ राजनेता एक महान व्यक्तित्व खो दिया है

प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि श्री वाजपेयी के विचार आदर्श और शब्द हमेशा लोगों के साथ रहेंगे और उन्हें प्रेरित करते रहेंगे उन्होंने कहा कि अटल जी के निधन से भारत ने अपना अनमोल रत्न खो दिया है श्री मोदी ने कहा कि अटल जी के निधन से एक यूग का अंत हो गया है और शून्य की स्थिति पैदा हो गई है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता मेरी लिये उनका जाना एक ऐसी कमी है जो कभी भर नहीं पायेगी अटल जी ने अपने क्शल नेतृत्व और अभिरत संघर्ष के द्वारा जनसंघ से लेकर के भाजपा तक इन संगठनों के मजबूती के साथ खडा किया उन्होंने भाजपा के विचारों और नीतियों को देश में जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया उन्हीं के दुढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम का परिणाम है कि आज भाजपा की यात्रा यहां तक पहुंची है अटल जी भले ही हमें छोड़कर चिरनिद्रा में लीन हो गये हो लेकिन उनकी वाणी उनका जीवन उनकी सादगी उनके विचार उनका दर्शन हम समस्त भारतवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा

ये सुरंग पूर्व प्रधानमंत्री के बाल्यकाल के मित्र लाहौल के ठोलंग गांव के निवासी टशी दावा की मित्रता की एक मिसाल है

लाहौल के लोगों का कहना है कि अटल जी द्वारा दी गई इन देन को वे कभी नहीं भुला पाएगें उनका कहना है कि इस सुरंग के बनने से घाटी के लोग साल भर विश्व से जुड़े रहेंगे

कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि अपने लोकप्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए कुल्लू मनाली भुंतर और मणिकर्ण में बाजार बंद रहे श्री वाजपेयी के दूसरे घर मनाली के प्रीणी गांव में शोक स्वरूप कल शाम किसी मी घर में चुल्हा नहीं जला उनके निधन से पूरा गांव गमगीन है उधर किन्नौर जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में भी लोकप्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा बाजार बंद रहा रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि भाजपा ने एक शोक सभा का आयोजन किया और बौद्ध परम्पराओं के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि दी किन्नौर के पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी ने कहा कि श्री वाजपेयी का जनजातीय क्षेत्र के लोगों से बेहद लगाव था और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने अलग से जनजातीय विकास मंत्रालय बनाया था लाहौल स्पिति जिला मुख्यालय केलंग में शोकसभा का आयोजन किया गया और उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी सहित स्थानीय लोगों ने दिवंगत नेता को श्रद्वासुमन अर्पित किए

आज का अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत देय है

राशन आपूर्ति कांगड़ा जिले के बैजनाथ निर्वाचन क्षेत्र के दूर दराज क्षेत्र बड़ा भंगाल के लिए चम्बा से राशन की आपूर्ति हैलीकॉप्टर के माध्यम से की जा रही है

बड़ा भंगाल से हैलीकॉप्टर की वापसी पर मरीजों व अन्य लोगों को चम्बा पहुंचाया गया है इस बीच स्थानीय लोगों ने इलाके के लिए राशन पहुंचाने पर सरकार का आभार व्यक्त किया है और उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए योजना तैयार करने का आग्रह भी किया